वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधानमंत्री की आलोचना पर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाये परंपरागत श्रद्वा और उल्लास से मनाई जा रही है जन्माष्टमी

प्रदेश को एकीकृत बाल विकास सेवा और सीएएस को उत्कृष्टता से लागू करने की दो श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार जबकि समग्र कार्य में उत्कृष्टता के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया प्रथम पुरस्कार में एक एक करोड़ और द्वितीय पुरस्कार में पिचहत्तर लाख रुपये की राशि मिली है इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ जिले और विकासखण्ड का भी पुरस्कार प्रदेश के हिस्से में आया है यह पुरस्कार आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रदान किए पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है पेरिस के यूनेस्को भवन में आज भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने उन्हें नये भारत के निर्माण के लिए शानदार जनादेश दिया श्री मोदी ने कहा न्यू इंडिया में भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद जनता के पैसे की लुट और आतंकवाद पर शिकंजा कस रहा है उन्होंने कहा उनकी सरकार ने ट्रिपल तालक की कृप्रथा को खत्म कर दिया क्योंकि नये भारत में मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज रात संयुक्तं अरब अमीरात पहंचेंगे पिछले चार वर्षो में श्री मोदी की संयुक्तं अरब अमारात की तीसरी यात्रा है और उम्मीद की जाती है कि इससे दोनों देशों के बीच पहले से मजबूत संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा दो दिन की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े असैनिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया जाएगा पासवान दाल खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार दलहनों और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर निगाह रखे हुए है अनेक टिवट संदेशों में श्री पासवान ने कहा है कि दालहनों की कीमत में वृद्धि का मुख्य कारण जमाखोरों द्वारा इनकी कीमतें बढ़ने का माहौल बनाया जाना है उन्होंने कहा कि सरकार के पास दलहनों और तिलहनों का पर्याप्त भंडार है उन्होंने नाफेड से खरीदे गए दलहनों और तिलहनों को तत्कांल बेचने को कहा है ताकि उपभोक्ताओं को वाजिब दाम पर सामग्री मिलती रहे सीतारमन केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हलचल के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर है श्रीमती सीतारमण ने दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दुनिया भर में आर्थिक क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल है व्यापार जंग की वजह से कई देशों में अर्थव्यवस्था की हालत अस्थिर है इन सब परिस्थितियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है

उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका जर्मनी जैसे देशों के मुकाबले भी हमारी विकास दर ज्यादा है

देश में कारोबार करना आसान हुआ है वित्त मंत्री ने पूंजी बाजार में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए शेयरों के हस्तांतरण से प्राप्त दीर्घावधि एवं अल्पावधि पूंजी लाभ पर बढ़ाया गया प्रभार वापस लेने की घोषणा की चिदंबरम कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदम्बरम अभी हिरासत में रहेंगे क्योरकि उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है

वहीं दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति के खिलाफ एयरसेल मैक्सिस मामले की सुनवाई स्थागित करने से इनकार कर दिया है स्थगन का अनुरोध सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से आया था एजेंसियों का कहना था कि इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले से संबंधित एक अन्य मुकदमा उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है इसलिए इस मामले की सुनवाई स्थगित की जाए

कल नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान जयराम रमेश ने कहा कि श्री मोदी के सुशासन का नमूना पूर्ण रूप से नकारात्मदक नही है और उनके कार्य को मान्यता न देना तथा हर समय उन्हें दोषी बनाने से किसी को कोई लाभ नहीं होगा श्री रमेश की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हए एक अन्य कांग्रेस नेता श्री सिंघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री को हमेशा दोषी बताना गलत है उन्होंने कहा कि कार्रवाई कभी सही और कभी खराब तथा कभी विचार के विपरीत होती है इन कार्रवाइयों को व्यक्ति के आधार पर नहीं बल्कि मुद्दों के आधार पर परखना चाहिए सुको तीन तलाक उच्च्तम न्यायालय आज मुसलमानों में एक ही बार में तीन तलाक दिए जाने की प्रथा को दंडनीय अपराध और इसके लिए तीन वर्ष तक की जेल की सजा के प्रावधान से संबंधित नये कानून की वैधता पर विचार करने पर सहमत हो गया है

देवालयों में रात बारह बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जायेगा

इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है इंदौर के होल्कर कालीन प्राचीन गोपाल मंदिर बांके बिहारी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में विशेष अभिषेक किये गये हैं और पूजा पाठ का दौर जारी है आगर मालवा जिले में यादव और गवली समाज द्वारा भगवान श्रीकृष्ण की पालकी यात्रा निकाली जा रही है शाजापुर में मटकीफोड और कृष्णस्वरूप प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी जन्माष्टमी की पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर शहर के गोपाल मंदिर इस्कॉन मंदिर सांदीपनि आश्रम और महाकालेश्वर मंदिर स्थित साक्षी गोपाल मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई है गुना के कई मंदिरों में बालकृष्ण की पालकी सजाई गई है

उधर बैतूल के बालाजीपुरम को ब्रजधाम जैसा तैयार किया गया है उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहाड़ पर स्थित राम जानकी मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व परंपरागत तौर से मनाया जा रहा है रायसेन शिवपुरी खंडवा सीहोर मुरैना रतलाम सहित राज्य के अन्य हिस्सो में भी जन्माष्टमी की ध्रम है होशंगाबाद में शनिवार को जन्माष्टमी मनाई जायेगी एप्को गणेश भोपाल सहित प्रदेश के अन्य शहरों में स्थित विद्यालय एवं महाविद्यालयों में ग्रीन गणेश अभियान के अंतर्गत कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है

यह योजना केंद्रीय सूचना एवं प्रोद्यागिकी मंत्रालय की है

इस रिकार्ड को गोल्डन बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में भी स्वीकृति दे दी है